एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये टीम शिकायतें सुनने के अलावा विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेगी

क्षेत्र की पैहड़ पंचायत के अनेक गांवों में आज जन सुनवाई के दौरान सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है ताकि लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके महेन्द्र सिंह ने स्थानीय लोगों से अधिक से अधिक संख्या में फलदार पौधे उगाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने का आग्रह भी किया जन्माष्टमी देश सहित प्रदेश में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर मंदिरों में सुबह से ही माहौल भक्तिमय बना हुआ है प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों विशेषकर श्रीकृष्ण मंदिरों में दिनभर श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा जन्माष्टमी पर्व के मौके पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गई चम्बा में शोभा यात्रा के दौरान झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहीं उधर सिरमौर ज़िले के हरिपुर धार स्थित शक्तिपीठ भंगायणी माता मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने शीष नवाया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कालाअंब में जन्माष्टमी समारोह में भाग लिया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य सरकार आम आदमी के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है

मणिमहेश चम्बा ज़िले की विश्वप्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ आज से शुरू हो गई है

मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की हैं और लंगर व आवास सुविधा के अलावा जगह जगह चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं भरमौर के अतिरिक्त दण्डाधिकारी पीपी सिंह के अनुसार मणिमहेश यात्रा को देखते हुए सभी रास्ते दुरूस्त किए गए हैं और सुरक्षा व बचाव चौकियां स्थापित की गई हैं

पीएचसी राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में जीर्णोद्वार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि भविष्य में इस स्वास्थ्य केन्द्र को और अधिक सुविधा सम्पन्न बनाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी

अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत अब ईसीजी और ब्रैस्ट कैंसर की मुफ्त जांच सुविधा भी दी जाएगी

उन्होंने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया विसर्जन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति शेष कलश आज शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय से लाहौल स्पीति ले जाया गया

मृतकों की पहचान क्षेत्र के कोटी गांव के बलवीर सिंह आशियाड़ी निवासी अनिल और कमलेश के रूप में हुई है

इस घटना के बाद से सोलन और सिरमौर ज़िलों में बीएसएनएल की दूरभाष व इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं हालांकि इन्हें सुचारू करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है निगम के मण्डल अभियंता क्रांति नाथ ने बताया कि आज देर शाम तक सेवाएं सुचारू होने की उम्मीद है